इनके अंतर्गत निजी क्षेत्र के भागीदार मानव संसाधनों को अपग्रेड करने उन्हें विकसित करने और उनका इस्तेमाल करने के लिए निवेश करेंगे ये भागीदार कार्यक्रम के प्रबंधन और लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का जिम्मा निभाएंगे राज्य सरकारें इस उद्देश्य के लिए जगह उपलब्ध कराएंगी ये सुझाव भी दिया गया है कि गैर संचारी रोगों की चिकित्सा सुविधा राज्य और केन्द्र सरकार की मौजूदा स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जा सकता है

नई दिल्ली में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना से सरकारी और निजी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा

बलदेव भंडारी भाजपा नेता बलदेव भंडारी ने आज शिमला में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला इस नियुक्ति के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र व कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा का आभार जताया विधायक सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर बलदेव भंडारी की नियुक्ति पर धन्यवाद किया बलदेव भंडारी ने कहा कि प्रदेश किसान मोर्चा और कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से वे किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे

उन्होंने कहा कि बलदेव भंडारी की नियुक्ति से सरकार और किसानों को बल मिलेगा इस मौके कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा और परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे महाअष्टमी शारदीय नवरात्रि के आठवें दिन आज महाअष्टमी देशभर में मनाई जा रही है यह दिन मॉ दूर्गा के आठवें अवतार महागौरी को समर्पित है मान्यता है कि मां का यह रूप अमोघ फलदायिनी है इनकी पूजा से पूर्वसंचित पाप नष्ट हो जाते हैं और कई अलौलिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं इस मौके नन्हीं कन्याओं का विशेष रूप से पूजन किया गया और इस के बाद लोगों ने अपने उपवास खोले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मॉ दुर्गा सभी लोगों के जीवन में खुशियां लाये और समाज से बुराई का अंत हो इधर प्रदेश के शक्तिपीठों सहित विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्वालू मन्दिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं सोलन स्थित मां शूलिनी मंदिर में सुबह से ही श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा और पूरे विधि विधान के साथ लोगों ने कन्या पूजन भी किया राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा है कि मंडी जिले के लाल बहादुर शास्त्री मैडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज खोलने से प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र को लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि नेरचौक में बनने वाली मैडिकल यूनिवर्सिटी का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा लाहौल बिजली लाहौल स्पिति ज़िले में सितम्बर माह में हुए हिमपात के कारण प्रभावित बिजली आपूर्ति को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने बताया कि स्थानीय लोगों भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों और सीमा सड़क संगठन के सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है

अश्वनी कुमार चौधरी ने कहा कि लाहौल के बीज आलू को ज़िले से बाहर निकालने के लिए ट्रकों की कोई कमी नहीं है और किसानों की फसल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी उपायुक्त ने कहा कि एचपीएमसी के माध्यम से शंशा और उदयपुर में सेब एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित किए गए हैं जबकि बाकी स्थानों के लिए एकीकृत सैंटर जल्द खोला जाएगा पैराग्लाइडिंग कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में आयोजित सेना की पहली पैरा ग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप प्रतियोगिता आज संपन्न हुई तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता में भारतीय थल सेना के नायक आशीष ने पहला स्थान हासिल किया जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर भी थल सेना का ही दबदबा रहा